साथ ही कल से राज्य में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंद्रपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी शुरूआत होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में कल आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि भेजने की शुरूआत करेंगे साथ ही मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे योजना के पहले चरण में राज्य के चार हजार से अधिक गौठानों में करीब सैंतालीस हजार हितग्राहियों ने गोबर बेचा है इसके बदले में दो रूपये प्रति किलो की दर से एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये की राशि इन पश्पालकों के खाते में भेजी जाएगी गोबर खरीदी का अगला भूगतान पंद्रह अगस्त को किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद महेन्द्र कर्मा के नाम पर कल एक योजना का भी शुभारंभ करेंगे इस योजना के तहत पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यू होने पर उसके परिजनों को दो लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी वहीं दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपये अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा जबकि किसी दुर्घटना में पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में दो लाख रूपये और आंशिक विकलांगता पर एक लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी योजना के तहत एक महीने के भीतर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के करीब साढ़े बारह लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लाभ भिलेगा यूपीएससी परिणाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा परीक्षा दो हजार उन्नीस के परिणामों की घोषणा कर दी है इसमें छत्तीसगढ के छह उम्मीदवारों ने कामयाबी का परचम लहराया है भिलाई की सिमी करण ने देशभर में इकतीसवां स्थान हासिल किया है वहीं उमेश प्रसाद गुप्ता को एक सौ बासठवां सुथान को दो सौ नौवां आयुष खरे को दो सौ सड़सठवां जितेन्द्र कुमार यादव को तीन सौ इकतीसवां और योगेश कुमार पटेल को तीन सौ चौंतीसवां स्थान मिला है देशभर में इकतीसवां स्थान हासिल करने वाली सिमी करण ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद मुंबई आईआईटी से बीटेक किया है इसके बाद वे यूपीएससी की तैयारियों में जुट गई थीं पहले ही प्रयास भें सिमी को यूपीएससी में सफलता मिली है सिमी ने कहा कि कठिन परिश्रम के साथ उम्मीदवारों को स्मार्ट वर्क पर फोकस करना चाहिए ताकि जल्दी से सफलता हासिल हो सके सिमी करण के पिता भिलाई इस्पात संयंत्र के फाइनेंस विभाग में जीएम है वहीं मां सुजाता करण भिलाई डीपीएस में शिक्षिका हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट संदेश में यूपीएससी परीक्षा में कामयाब उम्मीदवारों को अपनी श्रभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा है कि इन समी ने अपने परिवार के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी रौशन किया है यूपीएससी द्वारा आज जारी परिणामों में विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए देशमर से कुल आठ सौ उनतीस उम्मीदवारों का चयन किया गया है राम पर्यटन स्थल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण कार्य का कल भूमिप्जन करेंगे इसे लेकर प्रदेश के लोगो में काफी उत्साह देखा जा रहा है इस उपलक्ष्य में बालोद में भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारियों ने आज ध्वज यात्रा निकाली और लोगों से कल शाम दीप प्रज्जवलित करने की अपील की यह ध्वज यात्रा आज सुबह बघमरा गांव से शुरू होकर बालोद मंडल के विभिन्न गांवों से होकर गुजरी इसी तरह जाजगीर चांपा जिले में भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शरू होने को लेकर बेहद उत्साह है विधायक नारायण चंदेल ने लोगों से अपील की है कि वे कल भूमिपूजन के मौके पर अपने घरों में दीये जलाएं और केशरिया ध्वज फहराकर उत्सव मनाएं वहीं छत्तीसगढ में भी भगवान राम के वनवास काल से संबंधित स्थानों को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इनमें कोरिया जिले का सीतामढ़ी हरचौका और सरगुजा जिले का रामगढ़ भी शामिल है ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने कोरिया जिले से ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था भरतपुर तहसील के जनकपुर स्थित सीतामढ़ी हरचौका को उनका पहला पड़ाव माना जाता है मवाई नदी के किनारे स्थित इस गुफा में संत्रेह कक्ष है इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है इस स्थल पर प्राचीन कालीन अनेक स्मारक है राज्य सरकार की राम वनगमन परिपथ परियोजना के लिए प्रदेश के पचहत्तर स्थानों का चयन किया गया है इसके पहले चरण में इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक सौ सौंतीस करोड़ रूपये से अधिक की कार्ययोजना तैयार की गई है इसके तहत इन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा राम मंदिर नेता प्रतिपक्ष इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कल अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए होने वाले शिलान्यास समारोह को ऐतिहासिक क्षण बताया है उन्होंने प्रदेशवासियों को अपनी श्भकामनाएं देते हुए आमजनों से इस मौके पर दीप प्रज्जवलित करने की अपील की है कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है दूर्ग जिले में आज दोपहर तक कोरोना पॉजीटिव चौदह मरीजों की पहचान की गई है कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनिल शुक्ल ने बताया कि ये सभी मरीज शहरी क्षेत्रों से मिले हैं जैसी कि खबर दी जा चुकी है बीते अटठाईस जुलाई को चरौदा के एक कोरोना मरीज की मौत हो गई थी आज जो मरीज मिले हैं उनमें से सात मरीज ऐसे हैं जो मृतक युवक के संपर्क में आए थे इसके अलावा जलेबी चौक से भी तीन मरीज मिले हैं वहीं राजनादगांव जिले में आईटीबीपी के पांच जवानों सहित ग्यारह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं मख्य विकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथलेश चौधरी ने बताया कि इन सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भूर्ती किया जा रहा है उधर बस्तर जिले में कोरोना संक्रमित दस नये मरीजों की प्रष्टि हुई है इनमें से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्यकर्मी हैं इंधर महासमुंद जिले में बीती देर रात तक कोरोना संक्रमित तीन मरीजों की पहचान हुई थी इन मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है वहीं जिले के ही तुमगाँव थाना क्षेत्र में दो दिन पहले जिस अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इस बीच कोरिया जिले के बैक ं ठप्र नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने परे इलाके को आर्ज से छह अगस्त रात बारह बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है जिला कलेक्टर एसएन राठौर और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह आज बैक ठपुर में निकाले गए फ्लैग मार्च में शामिल हुए उन्होंने अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं वहीं स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि वे जरूरत होने पर ही घर से निकलें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिलासपुर और राजनादगांव मेडिकल कॉलेज के बाद अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरटीपीसीआर जांच की सुविधा शुरू होने से अब रोजाना ज्यादा नमूनों की जांच की जा सकेगी अभी फिलहाल इन अस्पतालों में हर दिन सौ सौ सैंपलों की जांच की जा रही है इसके अलावा रायपुर स्थित एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायगढ तथा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आरटीपीसीआर जांच की जा रही है इस तरह से प्रदेश में फिलहाल सात संस्थानों में कोरोना संक्रमण से संबंधित आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है

यह बात राज्यपाल ने दर्ग स्थित हेमचंद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा आयोजित एक वेबीनार को संबोधित करते हुए कही एकदिवसीय यह संगोष्ठी उच्च शिक्षा का सामाजिक सरोकार विषय पर आयोजित की गई थी अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा ही युवाओं को नई दिशा प्रदान कर सकती है लेकिन विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि एनएसएस एनसीसी और यूथ रेडक्रॉस जैसी संस्थाएं विद्यार्थियों में राष्ट्र भावना जागृत करती है उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में एनएसएस इकाई के वॉलिंटियर द्वारा जन जागृति के लिए किए गए कार्यों की सराहना की

केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास विशेषकर इन क्षेत्रों में रोजगार सुजन के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है पिछले छह वर्षों में ग्रामीण विकास की गति तेज हुई है और वैश्विक महामारी के कठिन दौर में भी कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित है भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है

ब्रुनियादी जरूरतों के पर अत्यधिक बल देते हुए हर नागरिक के लिए रोटी कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने वाली योजनाएं बनाई गईं

खाद्यान्न संबंधी जरूरतों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड से इसमें हो रही पहले की कभियों को द्र कर जन जन तक पौष्टिक आहार सनिश्चित किया गया यहां तक की सरकार ने स्व रोजगार पर बल देते हैंए कृटीर उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक पैकेजों की घोषणा की गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उन्हें शहरों से जोड़ा गया हर घर जल की योजना से सरकार ने देश के सभी घरों में खासकर गांव में शद्ध पीने योग्य जल पहचाने का भी बीड़ा उठाते हुए देश की प्रगति के प्रमुख अंग को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है माओवादी कैम्प ध्वस्त दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है साथ ही घटनास्थल पर लगाई गई दो क्लेमोर माईंस को भी सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र स्थित पोटली मिर्चीपारा इलाके में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी इसके बाद डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने इलाके में सर्चिंग की इसी दौरान सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हई जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी कैम्प छोड़कर भाग निकले इलाके की सर्विंग में सुरक्षा बलों ने दैनिक उपयोग की सामग्री बिजली के तार और माओवादी साहित्य बरामद किया है भालू मौत हाथी हमला महासमुंद जिले में शिकार करने के लिए जंगल में बिछाए गए बिजली तार के करंट की चपेट में आने से दो भालुओं की मौत हो गई है इस मामले में वन वभाग की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है बताया जाता है कि पिथौरा वन परिक्षेत्र स्थित ओडिशा के सीमावर्ती इलाके के छिंदौली गांव के जंगलों में आरोपियों ने जंगली जानवरों का शिकार करने के उद्देश्य से बिजली के तार बिछा रखे थे वन विभाग ने आरोपियों के पास से मांस काटने का औजार और चीतल के सींग भी बरामद किए हैं उधर सूरजपुर जिले के प्रतापपुर स्थित सिंघरा गांव में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई

इस मामले में प्रलिस ने ओडिशा के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने सिंघोड़ा के पास एक वाहन से यह गांजा बरामद किया इसी तरह बेमेतरा जिले में बोरसी गांव से भी एक लाख रूपये से अधिक कीमत की शराब और गांजा जब्त किया गया है इस मामले में एक महिला सहित दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बेरला थाना क्षेत्र के कंडरका चौकी के पास एक गोदाम र्स देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा गांजा भी बरामद किया गया ठगी आरोपी गिरफ्तार पेंशन खाता अपडेट करने के नाम पर एक रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी करने के मामले में बिलासपूर पूलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि आरोपियों ने पूर्व पुलिसकर्मी को फोन कर पेंशन खाता अपडेट कराने का झांसा देकर बैंक अकाउंट संबंधी सारी जानकारियां हासिल कर लीं इसके बाद खाते से करीब नौ लाख रूपये निकाल लिए शिकायत के बाद साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की टीम ने झारखंड और बिहार की कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की इसके बाद झारखंड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से करीब साढ़े सात लाख रूपये की नगद राशि मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया गया है स्पंदन अभियान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए राज्य में इन दिनों स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज फरसगांव थाने में जनचौपाल लगाई इस दौरान श्री तिवारी ने पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याए सुनीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरी क्षमता और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्य पूरा कर्रन को कहा

मौसम मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र और चक्रवाती घेरा बना हुआ है आगामी चौबीस घंटों के दौरान इसके और अधिक सक्रिय होने की संभावना है इसके प्रभाव से प्रदेश में भी अधिकांश इलाकों में कल हल्की से मध्यम बारिश होगी या गरज चमक के साथ छींटे पडेंगे वहीं कोंडागांव जिले में आज सुबह से ही बदली छाई रही और मूसलाधार बारिश हुई जिससे निचली बस्तियों और सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित होने का समाचार मिला है

राजनांदगांव के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल और कवर्घा के शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संबंधित जिले के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म दिया जा रहा है